सुजन घोटाले के एक मामले में केस दर्ज कराने वाला नाजीर ही घोटाले में शामिल पाया गया है

जांच के दौरान जानकारी मिली थी कि भागलपुर डीएम ऑफिस के नाजीर अमरेन्द्र कुमार यादव ने भागलपूर के कोतवाली थाना में बैंक ऑफ बड़ौरा के बैंक कर्मियों के खिलाफ आठ अगस्त दो हजार सत्रह को एक प्राथमिकी दर्ज करायी थी सघन जांच के बाद नाजीर ही इस मामले में संलिप्त पाया गया प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व राजभाषा निदेशक डीएन चौधरी और उनके परिजनों की करोड़ों की सम्पत्ति जब्त करने का आदेश दिया है निदेशालय के आदेश के बाद पटना मुजफ्फरपुर और बेतिया में उनकी और उनके परिजनों के नाम की सम्पत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गयी है गौरतलब है कि वर्ष दो हजार आठ में मुजफ्फरपुर के तत्कालीन राजभाषा निदेशक के यहां ईडी ने आय से अधिक सम्पत्ति मामले में छापेमारी की थी राज्य में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए डीजल अनुदान के लिए लगभग तीन सौ करोड़ रुपये की स्वीकृत दी गयी है कल हुई कैबिनेट की बैठक में मंत्रीपरिषद ने राज्य में सूखा पड़ने की सम्भावनाओं को देखते हुए इससे निपटने की तैयारी की योजना को मंजूरी दी कैबिनेट ने इसके साथ ही अठारह अन्य एजेंडों को भी मंजूरी दी है बैठक में राज्य के बारह पॉलिटेक्निक कॉलेजों में लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाने का भी निर्णय लिया गया इसके निर्माण के लिए पांच सौ बीस करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं वहीं पूर्ववर्ती बिहार विद्युत बोर्ड के ऋण के भूगतान के लिए सात सौ सत्तावन करोड़ रूपये की मंजूरी मिली है ये राशि एनटीपीसी को दी जाएगी एक अन्य फैसले में प्रदेश के बारहवीं पास छात्रों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अन्तर्गत लैपटॉप देने को भी कैबिनेट ने मंजूर कर लिया यह लैपटॉप अधिकतम पैंतीस हजार रूपये तक का होगा मंत्रीपरिषद ने फसल सहायता योजना के अन्तर्गत फसल का नुकसान होने पर किसानों को न्यूनतम पांच सौ रूपया देने का भी निर्णय लिया है कैबिनेट ने एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में बेगूसराय के तत्कालीन डीसीएलआर हरिशंकर कुशवाहा को बर्खास्त करने और जल संसाधन विभाग के इंजीनियर रामेश्वर राम को अनिर्वाय सेवानिवृति देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी है केन्द्र सरकार ने मछ्आरों और पश्पालक किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा देने का फैसला किया है मत्स्यपालन पशु पालन और डेयरी राज्य मंत्री प्रताप चंद्र षडंगी ने यह जानकारी दी है उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा के तहत मौजूदा कार्डधारक अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए तीन लाख रूपये तक का ऋण ले सकते हैं इस ऋण पर व्याज में वार्षिक दो प्रतिशत की छूट मिलती है समय पर ऋण चुकाने पर वार्षिक तीन प्रतिशत ब्याज की अतिरिक्त छूट मिलती है केन्द्र सरकार यूरिया के आयात को कम करने के लिए अड़तीस हजार करोड़ रुपये की लागत से बंद पड़े पांच उर्वरक संयंत्रों को फिर से शुरू करने जा रही है केन्द्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डी वी सदानन्द गौड़ा ने बताया कि इन संयंत्रों में बिहार का हिन्दुस्तान उर्वरक ओड़िशा का तालचेर गोरखपुर और सिंधरी का उर्वरक संयंत्र तथा आंध्र प्रदेश का रामगुंडम संयंत्र शामिल है उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि राज्य सरकार सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने और क़षि कार्यों में डीजल के उपयोग को बंद करेगी श्री मोदी ने कहा कि सिंचाई और अन्य कृषि कार्यों के लिए किसानों की जरूरत को ध्यान मे रखते हुये सरकार सौर ऊर्जा से चलने वाले तीस हजार पंप उपलब्ध कराएगी उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष पच्चीस दिसंबर से पूरे राज्य में कृषि के लिए समर्पित बिजली फीडर उपलब्ध हो जाएगी किसानों को फीडर के इस्तेमाल से प्रति यूनिट बिजली के लिए पचहत्तर पैसे की दर से भूगतान करना होगा प्रदेश के तीन बड़े अस्पतालों में अब किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध होगी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि पटना में स्थित आइजीआइएमएस पारस हॉस्पीटल और रूबन हॉस्पीटल को किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए लाइसेंस दिया गया है उन्होंने कहा कि यह लाईसेंस पांच वर्ष के लिए मान्य होगा प्रदेश के अधिकांश भागों में अगले दो दिन तक हल्की से मध्यम बारिश होने की सम्भावना है मौसम विभाग ने कहा है कि आज से मॉनसून मजबूत हो रहा है ओडिशा के साथ पश्चिम बंगाल और बिहार के ज्यादातर क्षेत्र में ऊपरी हवा का चक्रवात बना हुआ है बंगाल की खाड़ी में लगातार मजबूत हो रहे मॉनसूनी हवाओं के कारण प्रवैया हवा राज्य में नमी बढ़ा रही है कल पटना और गया में हल्की बारिश दर्ज की गयी मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि आज भी राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती पटना हाईकोर्ट ने राज्य के विभिन्न जिलों में अवैध रूप से चल रहे पैथोलॉजी लैबों पर कार्रवाई करने को लेकर सभी जिलों के सिविल सर्जनों से कार्रवाई रिपोर्ट छह सप्ताह में मांगी है चीफ जस्टिस एपी शाही की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सत्रह सौ सत्रह असिस्टेंट प्रोफेसरों की बहाली का रास्ता भी साफ कर दिया है वहीं कोर्ट ने स्कूलों की सुरक्षा पर भी राज्य सरकार से जवाब तलब किया है केन्द्र सरकार बिहार समेत सत्रह राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम बीएडीपी लागू कर रही है गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों के आर्थिक स्तर सुधारने के लिए उन्नीस सौ पैंतीस किलोमीटर सड़क पांच सौ बीस खेल मैदान ग्यारह आवासीय स्कूल सैंतीस पर्यटन संबंधी परियोजनाएं चैंतीस गोदामों का निर्माण बावन आजीविका और जैविक कृषि कार्यक्रम शामिल किये गये हैं सीबीआई ने बैंकिंग धोखाधड़ी के एक मामले में गया जिले में एक व्यवसायी के घर छापेमारी की है छापेमारी में लगभग एक सौ सत्तावन करोड़ रूपये के बैंकिंग फ्रॉड का खुलासा हुआ है इस दौरान लगभग एक दर्जन लोगों से पूछताछ की गयी भारतीय कृषि अन्संधान परिषद नई दिल्ली ने पंडित दीन दयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कृषि विज्ञान प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए भागलपुर स्थित सबौर कृषि विज्ञान केन्द्र का चयन किया है इसे देश का सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केन्द्र घोषित किया गया है पुरस्कार में केन्द्र को पच्चीस लाख रूपये की राशि मिलेगी पटना की महापौर सीता साहू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर आज बहस और मतदान होगा राज्य सरकार ने प्रारंभिक शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी के प्रमाण पत्र की वैधता मई दो हजार इक्कीस तक के लिए बढ़ा दी है दरभंगा के जिलाधिकारी सह स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष डॉक्टर त्याग राजन एस एम ने बहेड़ी पीएचसी के पूर्व स्वास्थ्य प्रबंधक रेवती रमण प्रसाद और लेखापाल शिव भोला शंकर को वित्तीय अनियमितता के आरोप में बर्खास्त कर दिया है सीवान जिले की एक अदालत ने देश में अवैध रूप से रह रहे पांच बांग्लादेशियों को तीन साल की सजा सुनाई है आरोपियों पर दस हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है वस्तु और सेवा कर जीएसटी में निबंधित व्यवसायियों के लिए वार्षिक रिर्टन जमा करने की अवधि तीस अगस्त तक बढ़ा दी गयी है पहले यह अवधि तीस जुलाई निर्धारित की गयी थी भारत विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर गया है वर्मिंघम में खेले गये महत्वपूर्ण मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को अठाईस रन से पराजित कर दिया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान का शीर्षक है मोदी का नेता पुत्रों पर प्रहार कहा ऐसे लोगों की पार्टी में कोई जगह नहीं बेटा किसी का भी हो मनमानी नहीं चलेगी दैनिक जागरण ने लिखा है रोहित के रिकॉर्ड तोड़ शतक से भारत सेमीफाईनल में दैनिक भास्कर की सुर्खी है बैंकों को सैकड़ों करोड़ का चूना लगाने वाले गया के कारोबारी के घर व दफ्तर पर छापे प्रभात खबर ने राज्य कैबिनेट के फैसले पर शीर्षक लगाया है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से अब छात्र खरीद सकेंगे पैंतीस हजार रूपये तक का लैपटॉप